डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा बेहतर और नये भारत के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना ज़रूरी

राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में घायलों को दो लाख रुपये दिए जाने का फैसला मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में वृद्धजनों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं

डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में पहल से ग्राम स्तर के उद्यमियों का एक समूह तैयार हो रहा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर और नये भारत के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है उन्होंने नागरिकों में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के महत्व पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में एन डी ए सरकार ने डिजिटल इंडिया के तमाम पहलुओं पर कार्य करना प्रारंभ किया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि टेक्नॉलोजी के फायदे चंद लोगों तक सीमित न रहें उन्होंने कहा कि साझा सेवा केन्द्रों के जरिये भारत की तस्वीर बदल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अभियान का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना है श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षो में भारत में डिजिटल भुगतान काफी बढ़ा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी हो गई है उन्होंने कहा कि टेक्नॉलोजी के जरिये आज रेल टिकट ऑन लाइन बुक किये जा सकते हैं और बिलों का घर बैठे भूगतान किया जा सकता है जिससे लोगों को बड़ी सुविधा हो गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से बी पी ओ क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं मुआवजा प्रदेश में वन्य जीवों द्वारा मानव क्षति पर मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया

बैठक में तय किया गया कि राजाजी टाइगर रिज़र्व में पर्यटन से होने वाली आय का सौ फीसदी राजाजी टाइगर रिज़र्व कंज़र्वेशन फाउंडेशन के कोष में जमा किया जाएगा जिसका कुछ हिस्सा सामुदायिक गतिविधियों में खर्च किया जाएगा बैठक में राजकीय पार्कों से विस्थापित किए जाने वालों को दूसरे जगहों पर दिए गए स्थानों पर भूमिधरी अधिकार दिए जाने पर भी सैद्वांतिक सहमति जताई मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है मुख्यमंत्री ने ग्रीन टूरिज्म की कन्सेप्ट पर काम करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे वनों के संरक्षण और स्थानीय ग्रामीणों को आजीविका में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वन विभाग द्वारा जिन पर्वतारोही दलों को अनुमति दी जाती है उसकी सूचना पुलिस को भी दी जाए ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में फंसे पर्वतारोहियों को बचाया जा सके बैठक में वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कंडी मार्ग पर किए गए फिजीबिलिटी सर्वे का प्रस्तुतिकरण किया गया

बैठक में वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत विधायक दीवान सिंह बिष्ट सुरेश राठौर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह प्रमुख वन संरक्षक डॉ वीएस खाती सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे

शिविर का आयोजन जिला कार्यालय सभागार में किया जाएगा ज़िला निर्वाचन अधिकारी आशीष जोशी ने यह जानकारी देते हए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने थराली विधानसभा उप निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले सभी पांच प्रत्याशियों से प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने को कहा है ताकि उन्हें निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो

योग तैयारी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में वुद्वजनों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं देहरादून में इस कार्यक्रम की व्यवस्था की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के लिए बसों आदि की व्यवस्था करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि चार धाम यात्रियों की यात्रा पर इसका कोई प्रभाव न पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सामुहिक योग कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रतिभाग करने वालों की सुविधाओं का भी विशेष खयाल रखा जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में लोगों की सहभागिता और उपस्थिति लक्ष्य से अधिक होने पर एफआरआई के पास अम्बेडकर स्टेडियम में भी सामुहिक योग की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आने वाले सभी लोग इस सामुहिक योग कार्यक्रम से जुड़ सके इसकी व्यवस्था की जाय उन्होंने ऐसे बुजुर्गों के लिए भी आयोजन स्थल पर बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वालों को समय पर पास और टी शर्ट आदि बांटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों से चल रही धूल भरी आंधी के बाद देर रात हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है गुरुवार रात प्रदेश के कई इलाको में तेज आंधी और गर्ज के साथ बारिश हई जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई राजधानी देहरादून में बीती रात रुक रुककर तेजु बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली वहीं विद्युत आपूर्ति पर विपरीत असर पड़ा है उधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे वहीं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने टिहरी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग पौड़ी चम्पावत अल्मोड़ा बागेश्वर और पिथौरागढ़ ज़िलों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है

राज्यपाल बधाई प्रदेश में आज विभिन्न स्थानों पर अलविदा की नमाज़ अता की गई इस अवसर पर बड़ी संख्या में नमाज़ियों ने नमाज़ पढ़ी ईद उल फितर का त्यौहार कल मनाया जाएगा त्यौहार को लेकर आज राज्य के प्रमुख बाज़ारों में खरीददारों की भीड़ देखी गई बड़ी संख्या में महिलाएं कपड़े आदि खरीदने के साथ ही मेहंदी लगवाती भी देखी गई राज्य सरकार ने कल ईद की छुट्टी घोषित की है

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार आपसी विश्वास भाईचारे सदभाना त्याग और क्षमा का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा का संकल्प लेना चाहिए उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल फितर का यह पावन पर्व सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों में आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देता है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी धर्म शांति सदभावना और भाईचारे की शिक्षा देते हैं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से केके लॉजिस्टिक एण्ड रोपवे कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कश्यप प्रवीन चन्द्र कपाड़िया ने भेंट की इस दौरान उन्होंने देहरादून मसूरी रोपवे के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून मसूरी रोपवे बनने से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा